आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से बेटियों की उपलब्धियों को साझा करने की अपील की

केन्द्र सरकार गांधी जयंती पर दो अक्टूबर को देशभर में फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करेगी जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का यह एक अनूठा अभ्यास है कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का अभिनव अभ्यास बताया है

प्रधानमंत्री ने इक्कतीस अक्टूबर को सरदार वल्लम भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भी बड़ी संख्या में लोगों से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाने की पहल की है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की ओर टिकी है

जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से तम्बाकू छोड़ने की भी अपील की और कहा कि उन्हें ई सिगरेट के छलावे में नहीं आना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है और इसीलिए सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया क्या इस दिवाली पर भारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कार्यक्रम हम कर सकते हैं इनके सम्मान के कार्यक्रम देशभर में हो

उन्होंने लोगों से इस मौसम में उदारता बरतते हुए उन वस्तुओं का दान करने का अनुरोध किया जिसे वे अपने उपयोग में नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से देश में पन्द्रह पर्यटन स्थलों का ग्रमण करने का आग्रह किया ताकि भारत की विविधता को समझा जा सके और उसको अनुभव किया जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि अगले महीने की तेरह तारीख को पोप फ्रॉसिस सिस्टर मरियम थ्रेसिया को संत घोषित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज जिले में सत्रह करोड़ रूपये से अधिक की चौदह परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सत्तर वर्षो तक जो कार्य नहीं हो पाया था उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करके दिखाया है कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर को समाप्त किया गया वहीं तीन तलाक की कुप्रथा से महिलाओं को मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया गया इससे पूर्व वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये बनाये गये आरोग्यधाम चिकित्सालय का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ने वाले बेल पत्र एवं पृष्प से धूप अगरबत्ती और इत्र बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस कार्य से महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर के जीर्णोद्वार और सौन्दर्यीकरण के लिए दो करोड चौदह लाख रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया इस अक्सर पर उन्होंने कहा कि तरकुलहा देवी स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जायेगा साथ ही यहां शहीद बंधु सिंह का भव्य स्मारक भी बनाया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि तरकुलहा मंदिर के साथ साथ चैरीचैरा को भी पर्यटन के केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा मुख्यमंत्री ने अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति के महानायक अमर शहीद बंध् सिंह के बलिदान को याद करते हुए कहा कि शहीदो के बलिदान के फलस्वरूप ही हमें आजादी मिली है दो हजार इक्कीस बाईस चौरीचौरा काण्ड का शताब्दी वर्ष है इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सके प्रदेश में विधान सभा की ग्यारह सीटो पर होने वाले उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है इन सीटों पर अगले माह इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी ने विधान सभा उपचुनाव के लिये दस सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं योगी सरकार में मंत्री रहीं रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से सुरेश तिवारी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं घोसी से विधायक रहे फागू चौहान के बिहार का राज्यपाल बनने के बाद रिक्त हुई इस सीट से विजय राजभर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अन्य घोषित उम्मीदवारों में अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट से राजेश सिंह कानपुर के गोविन्द नगर से सुरेन्द्र मैथानी बाराबकी की जैदपुर सुरक्षित सीट से अम्बरीश रावत बांदा के मानिकपुर से आनद शुक्ला अलीगढ़ की इगलास सुरक्षित सीट से राजकुमार सहयोगी रामपुर सदर से भारत भूषण गुप्ता बलहा सुरक्षित सीट से सरोज सोनकर और सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट से कीरत सिंह शामिल हैं प्रदेश की ग्यारह सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने प्रतापगढ़ से अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पिछले चार दिनों से हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और पश्चिमी हिस्से में कई जगह है गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्षा जनित कारणों से प्रदेश में कम से कम पैंतीस लोगों की मौत हुई है एक रिपोर्ट पिछले कई दिनों से प्रदेश में हो रही भारी वर्षा ने जन धन की काफी हानि की है वर्षा के कारण लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई है और इसने यातायात को बुरी तरह बाधित किया है

वर्षा के कारण फसल खराब हो जाने से सब्जियों के दाम काफी महंगे हो गए हैं मौसम विमाग ने अगले दो तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी विभाग में हल्की से मध्यम और परिचमी भाग में हल्की वर्षा की भविष्यवाणी की है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रदेश की नदियों का जल स्तर फिर बढ़ने लगा है प्रयागराज में गंगा यमुना एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं गाजीप्र और बलिया में गंगा खतरे के निशान को पार कर गयी है गोण्डा में चन्द्रदीप घाट पर क्आनों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है आजमगढ़ में घाघरा और जौनपुर में गोमती उफान पर हैं रायबरेली में सई नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा का जल स्तर भी खतरे के करीब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को जल भराव की स्थिति से तत्काल निपटने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री तथा आवश्यक सुविधाएं मुहैयया कराने के भी निर्देश भी दिए हैं साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को छुट्टी पर न जाने का निर्देश दिया है चार महीने का मॉनसून आधिकारिक रूप से आज खत्म हो रहा है लेकिन आने वाले सप्ताह में इससे बारिश में कमी आने की कोई संभावना नहीं है मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंज्य महापात्रा ने कहा कि मॉनसून के वापस होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश राजस्थान तथा बिहार के कई हिस्सों में यह सक्रिय बना हुआ है